विस किसान कर्जमाफी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर दोहराया है कि सरकार वादे के मुताबिक सभी किसानों का ऋण माफ करेगी आज विधानसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए एक ध्यानाकर्षण सुचना का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी बैंक सरकार के सीधे नियंत्रण में है इस कारण वहां तुरंत ऋणमाफी हो गई उन्होंने कहा कि डिफाल्टर किसानों के ऋणमाफी के लिए कदम उठाए गए हैं इसके लिए अलग अलग बैंकों से बातचीत चल रही है इसलिए इसमें थोड़ा समय लग रहा है उन्होंने आश्वस्त किया कि इस मामले में वन टाइम सेटलमेंट होगा

विपक्षी सदस्यों ने शून्यकाल में इस मामले को उठाते हुए कहा कि समाज के अनेक वर्ग स्कूलों में अण्डा बांटने से आक्रोशित हैं उन्होंने सरकार से दूसरे विकल्पों पर विचार करने के लिए कहा बाद में इस पूरे मुद्दे पर सरकार की ओर से बयान देते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि मध्यान्ह भोजन के तहत अण्डा बांटने के सरकार के निर्णय को भाजपा विधायकों द्वारा राजनीतिक रंग दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने स्वयं आंगनबाड़ी केन्द्रों में अण्डा बांटने का प्रावधान किया था जो आज भी लागू है इसके अलावा देश के तेरह राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में मध्यान्ह भोजन योजना के तहत अण्डा दिया जा रहा है इनमें कई भाजपा शासित राज्य भी हैं मंत्री ने कहा कि अण्डा वितरण योजना को राजनीति के बजाए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखे जाने की जरूरत है उन्होंने बताया कि सरकार ने अपने नए आदेश में दो सप्ताह के भीतर शाला विकास समिति और पालकों की बैठक आयोजित कर ऐसे छात्र छात्राओं की पहचान करने को कहा है जो मध्यान्ह भोजन में अण्डा नहीं खाना चाहते उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों को अलग पंक्ति में बिठाकर अन्य प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थ जैसे सुगंधित सोया दूध सुगंधित मिल्क प्रोटीन क्रन्च फोर्टी फाइव बिस्किट मूंगफली चिकी आदि देने की व्यवस्था की जाएगी विस अनुपूरक बजट विधानसभा में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करीब चार हजार तीन सौ इकतालीस करोड़ रूपये का अनुपूरक बजट पेश किया

राज्य विधानसभा में आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिस अभिरक्षा या पुलिस कार्रवाई में हुई मौतों का मामला भी गूंजा विपक्ष के सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव पेश कर इस पूरे मामले में सदन की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा कराने की मांग की सरकार की ओर से जवाब देते हुए गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि पिछली सरकार की छह सात महीनों की तुलना में इस सरकार के शासनकाल में अपराधों में कमी आई है इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य करते हुए इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी

श्रोताओं विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की विस्तृत समीक्षा आकाशवाणी रायपुर से आज रात आठ बजकर बीस मिनट पर प्रसारित की जाएगी

विधानसभा फीस नियामक आयोग विधानसभा में आज स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कक्षा नवमीं से बारहवीं तक के निजी स्कूलों में फीस निर्धारण के लिए फीस नियामक आयोग गठित किए जाने की घोषणा की उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून आरटीई के तहत पहले केवल कक्षा आठवीं तक ही फीस निर्धारित किए जाने का प्रावधान था लेकिन राज्य सरकार ने निजी स्कूलों में फीस की मनमानी बढ़ोत्तरी की शिकायतों को देखते हुए बारहवीं तक की फीस निर्धारण के लिए आयोग गठित करने का निर्णय लिया है नीति आयोग रैंकिंग नीति आयोग द्वारा विकास के विभिन्न मापदंडों के आधार पर देश के सर्वाधिक सुधार वाले पांच आकांक्षी जिलों के मई महीने की डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है इसमें छत्तीसगढ़ का कोण्डागांव जिला देश में पहले स्थान पर है देश के आकांक्षी जिलों में सामाजिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में दर्ज की गई प्रगति से जिलों के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आया है जिसके आधार पर नीति आयोग द्वारा जिलों की रैंकिंग की गई है

बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि सदस्यता अभियान के जरिए समाज के हर एक वर्ग को पार्टी से जोड़ा जाएगा हर एक पोलिंग बूथ पर सौ सदस्य बनाने का प्रयास किया जाएगा श्री चौहान ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों की कर्जमाफी जैसे कई बड़े बड़े वादे किए थे जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया है श्री चौहान ने लोकसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर छत्तीसगढ़ की जनता को धन्यवाद दिया

तीन अलग अलग बिंदुओं पर स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव भुवनेश यादव इसकी जांच करेंगे उनके खिलाफ स्वास्थ्य बीमा संजीवनी सहायता कोष और आयुष्मान योजना में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारीक ने इस मामले में जांच के आदेश दिए थे उन्होंने दस दिनों के भीतर विशेष सचिव से जांच रिपोर्ट मांगी है गौरतलब है कि स्वास्थ्य संचालक रही शिखा राजपूत को हाल ही में बेमेतरा का कलेक्टर बनाया गया है कैदी फरार निलंबन धमतरी जिला जेल से एक कैदी के फरार होने के मामले में तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है जानकारी के मुताबिक कैदी का नाम इतवारी सिंह हैं और वह अभनपुर का रहने वाला है जेल के अंदर दीवार निर्माण का काम चल रहा था इसी दौरान आज आरोपी जेल की दीवार फांदकर फरार हो गया पुलिस ने आरोपी को सेहरा डबरी गांव से गिरफ्तार कर लिया है मौसम बारिश का इंतजार कर रहे प्रदेशवासियों के लिए एक अच्छी खबर है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान रायपुर राजनांदगांव दुर्ग और बिलासपुर जिले में एक दो स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में रायपुर सहित अनेक स्थानों पर बारिश हुई सबसे अधिक बस्तर जिले के माकड़ी में छह सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई राजधानी में आज सुबह से तेज धूप रही लेकिन शाम होते ही बारिश होने से लोगों को उमस से राहत मिली मौसम विज्ञानी आरके वैश्य ने बताया कि मजबूत सिस्टम नहीं बनने के कारण प्रदेश में ज्यादा बारिश नहीं हो रही है फिलहाल बंगाल की खाड़ी और तटीय दक्षिण ओडिशा के ऊपर एक चक्रवात बना हुआ है वहीं उत्तर पश्चिम राजस्थान से बंगाल की खाड़ी तक एक द्रोणिका भी गुजर रही है इसके असर से अगले एक दो दिनों में प्रदेश के दक्षिणी इलाकों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है संक्षिप्त समाचार खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने राशन कार्ड नवीनीकरण प्रक्रिया में आवेदन प्राप्त करने के लिए टोकन सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए हैं खाद्य मंत्री ने आज रायपुर के मोवा इलाके में पहुंचकर वहां चल रहे राशनकार्ड नवीनीकरण कार्य का जायजा लिया बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र के एडसमेटा में हुई कथित मुठभेड़ की जांच के लिए सीबीआई की टीम बीजापुर पहुंच गई है चार सदस्यीय यह टीम घटनास्थल पहुंचकर पीड़ितों का बयान दर्ज करेगी छत्तीसगढ़ के पंथी नर्तक दिनेश कुमार जांगड़े को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है संगीत नाटक अकादमी द्वारा चालीस वर्ष से कम उम्र के कलाकारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह पुरस्कार दिया जाता है